राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे वे निवेशकों को भी संबोधित करेंगे

प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद पटेल रामेश्वर तेली और अनुराग ठाकुर भी सम्मेलन में भाग लेंगे केन्द्रीय गृहमंत्री अभित शाह कल समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे प्रदेश सरकार के केबिनेट मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे

इस दौरान निवेशकों ने हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने की भावी योजनाओं के संबंध में चर्चा की निर्मला सीतारामन केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सस्ते और मध्यम आमदनी वाले आवासीय क्षेत्र की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था करने को मंजूरी दे दी है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि सरकार अध्री आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दस हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी इससे डेवलपरों को काफी राहत मिलेगी और वे खरीदारों को सही समय पर मकान उपलब्ध करा सकेंगे मौसम प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और उंचाई वाले इलाकों में हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो रही है इससे तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति व किन्नौर में रूक रूक बर्फबारी हो रही है लाहौल घाटी के प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे पर करीब एक फुट ताजा हिमपात होने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है कुल्लू जिले के उंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है राजघानी शिमला व आसपास के इलाकों में सुबह से ही रूक रूक कर वर्षा हो रही है उधर धर्मशाला सहित निचले मैदानी इलाकों में बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग ने आज व कल मध्यवर्ती क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर हिमपात व गरज के भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी लिखता है निवेशकों ने निवेश को लेकर सी एम से सुझाव और चिंताएं सांझा कीं दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल आज रचेगा इतिहास इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खुलेंगे देश विदेश से निवेश के द्वार दैनिक जागरण का कहना है विकास को गति देगा उद्यम धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आज मोदी करेंगे शुभारंभ दैनिक भास्कर ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इन्वेस्टर मीट का उदघाटन कई देशों के निवेशक आएंगे दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक इन्वेस्टर समिट के दौरान होने वाले एमओयू होंगे अहम आपका फैसला के शब्द हैं देश विदेश से निवेशक पहुंचे धर्मशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ

पंजाब केसरी ने खबर दी है नाबालिग बच्चे या महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया तो हागी सात साल की कैद जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हिमाचल में प्रलोभन देकर जबरन धर्मांतरण पर सात साल तक की जेल

अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला आज से मां से पुत्र परशुराम का होगा भव्य भिलन शीर्षक से खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है इसी समाचार पत्र ने टेक्नोमैक घोटाले पर सुर्खी दी है एमडी की नई संपतियों को अटैच करने की तैयारी ओडिशा में सीआईडी ने चिन्हित की हैं कंपनी की कई और संपतियां